धर्मशाला और सुंदरनगर शहर नगर वन योजना के तहत होंगे विकसित जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा शिवा परियोजना से किसानों की आर्थिकी को मिलेगा बड़ा बल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में आज से आरंभ हुई स्नातक कक्षाओं की परीक्षाओं पर लगाई रोक

राज्यपाल ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवीसदानंद गौड़ा को लिखे पत्र में ये केंद्र खोलने का आग्रह किया है पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के युवाओं में नशे की समस्याएं एक ज्वलंत मुददा बन गया है इस मुददे पर एनआईपीईआर जैसे संस्थानों का विशेषज्ञ सहयोग के माध्यम से व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की इस बैठक में मुख्यमंत्री ने नड्डा के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश के धर्मशाला और सुंदरनगर शहरों को नगर वन योजना के तहत विकसित किया जाएगा इसके तहत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से दो करोड़ रूपए की ग्रांट मिलेगी नगर वन योजना के तहत चयनित शहरों में ईको पार्क नवग्रह वाटिकाएं और वन विकसित किए जाएंगे राकेश पठानिया आज धर्मशाला से केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे

राजेन्द्र गर्ग आज शिमला में विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोगों को एकमुश्त राशन उपलब्ध करवाने के लिए अग्रिम इंतज़ाम किए जाएं उन्होंने ये भी कहा कि डिपुओं और गोदामों में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए अन्यथा ज़िम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कृषि विभाग को आगे ले जाने और मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे वीरेन्द्र कंवर आज ऊना के थानाकलां में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे कंवर ने कहा कि राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा गांव व गरीब की सेवा करने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि वे कृषि विभाग के माध्यम से किसानों की बेहतरी के लिए प्रयास जारी रखेंगे

राजन सुशांत पूर्व सांसद राजन सुशांत ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन योजना बहाल करने की मांग की है

राजन सुशांत ने सभी सांसदों विधायकों और पूर्व सांसदों व विधायकों से भी अपील की कि वे तब तक अपनी पैंशन न लें जब तक नई पैंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन योजना बहाल नहीं कर दी जाती पौधरोपण हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आरंभ किए गए फलदार वृक्षों के पौधरोपण अभियान के तहत आज कांगड़ा जिला के सकोह में प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने फलदार पौधे लगाए जिला व सत्र न्यायाधीश जेकेशर्मा और अन्य न्यायिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस मौके पर कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सब की जिम्मेवारी है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि सेब सीजन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रबंध नाकाफी साबित हो रहे हैं उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार बागवानों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है जो चिंताजनक है उन्होंने बागवानों से एमआईएस के तहत सेब खरीदने के लिए अधिक एकत्रीकरण केन्द्र खोलने और बागवानों आढ़तियों व लदानियों को कोरोना से बचाने के लिए पुख्ता इंतज़ाम करने की भी मांग की महेंद्र ठाकुर जलशक्ति व बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक के सहयोग से लागू की जा रही महत्वाकांक्षी शिवा परियोजना से प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को बड़ा बल मिलेगा

महेन्द्र सिंह ठाकुर आज मंडी में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में आज से आरंभ हुई स्नातक कक्षाओं की परीक्षाओं पर रोक लगा दी है प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सीबीबारोवालिया की खंडपीठ ने ये रोक लगाने का फैसला सुनाया ये रोक छात्र संगठन एनयूएसआई द्वारा हाईकोर्ट में इन परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनाया गया है खंडपीठ ने आदेश दिए हैं कि इन परीक्षाओं को लेकर आगामी आदेशों तक रोक बरकरार रहेगी याचिकाकर्ता ने कहा था कि परीक्षाओं को लेकर मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है ऐसे में कोरोना काल में परीक्षाएं करवाना उचित नहीं है इसलिए इन पर तुरंत रोक लगाई जाए आज स्नातक स्तर की कक्षाओं की पहली परीक्षा थी इन्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से लगभग एक सौ शैक्षणिक और व्यवसायिक कार्यक्रम आरंभ करेगा

गोविंद ठाक्र शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति लागू करने में हिमाचल पहल करेगा गोविंद ठाकर आज शिमला में विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि कोरोना संकट के बावजूद जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं रूका है बिक्रम ठाक्र आज जसवां परागपुर के अप्पर कलोहा में विकास कार्यो का निरीक्षण कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयराम ठाक्र की सरकार बनने के बाद पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपये के विकास कार्य किए जा रहे हैं उद्योग मंत्री ने ये भी कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र के हर असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता उनकी पहली प्राथमिकता है मारकंडा तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा है कि कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं व युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार शुरू करने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास संस्थान खोले जाएंगे मारकंडा आज लाहौल घाटी के एक दर्जन गांवों का दौरा करने और जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही रोहतांग सुरंग का उदघाटन करेंगे इससे लाहौल घाटी में पर्यटन को नई ऊंचाईयां मिलेगी मौसम प्रदेश में मॉनसून लगातार सकिय बना हुआ है इसके चलते राज्य की अधिकांश छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं